नौ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करेगी मुख्यमंत्री कहा कि नागरिकों को पूरा सहयोग लेकर प्रदेश की प्रगति के नये आयाम स्थापित किये जायेंगे

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को चार चार सीट मिली हैं

बिहार विधानसभा में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया था और आज इसने फिर विश्व को यह बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है

इनमें ओडिशा में बीजू जनता दल के दोनों उम्मीवदवारों ने बालासोर सदन और तिरतोल सीट पर दर्ज की है

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर विजय प्राप्त की है हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी इंद् राज ने भाजपा प्रत्याशी और पहलवान योगेश्वर दत्त को हराया झारखंड में हुए उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन ने दोनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की सात सीटों में से छह सीटें जीती हैं वहीं एक सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने मरवाही विधानसभा सीट जीती वहीं तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने डुब्बाक सीट पर विजय प्राप्त की है मोदी आईटीएटी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कटक में आयकर अपील प्राधिकरण आईटीएटी के अत्यााध्निक कार्यालय और आवासीय परिसर का उदघाटन करेंगे

वर्तमान में पांच दशमलव नौ छह प्रतिशत सक्रिय मामले हैं

आधे घंटे के इस कार्यकम में राज्य के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया और सतीश एलिया की आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा से बातचीत का प्रसारण किया जायेगा डिजिटल प्रमाण पत्र केन्द्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि उनका विभाग पेंशनभोगियों के मामले में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढावा दे रहा है

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में द्वई में मुम्बई इंडियन्स ने दिल्ली कैपिटल्स को पांच विकेट से हराकर रिकार्ड पांचवी बार खिताब जीत लिया है

बोल्टल को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेटयर ऑफ द मैच चुना गया

उनका सर्वंगीण विकास ही राष्ट्र के विकास का आधार है वे कल राजभवन में दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी इस इवसर पर उन्होंने राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों को दीपावली त्यौहार की शुभकामनाएँ दीं उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के लिए जरुरी है कि उनको प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर दिये जायें बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों और रचनात्मक कलाओं गीत संगीत कविता कहानी जिसमें भी अभिरूचि हो उनके संरक्षण और प्रोत्साहन के कार्य भी किये जाने चाहिए

बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार